इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दो हजार नौ सौ दो तक पहंच गई है इनमें से एक सौ तिरासी रोगी ठीक हो च्के हैं और इन्हें अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गई है देश में कोरोना वायरस से अडसठ लोग मर च्के हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विदेशों के म्काबले देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कम है उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में से नौ प्रतिशत लोग शून्य से बीस वर्ष तक के हैं इक्कीस से चालीस वर्ष तक की आय् के लोगों की संख्या बयालीस प्रतिशत है इकतालीस से साठ वर्ष तक की आय् वाले लोगों की संख्या तैंतीस प्रतिशत और साठ वर्ष से ऊपर की आय् के लोगों की संख्या सत्रह प्रतिशत है श्री अग्रवाल ने स्झाव दिया कि ज्यादा जोखिम के दायरे में आने वाले लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए श्री अग्रवाल ने बताया कि सत्रह राज्यों में कोरोना वायरस के तब्लीगी जमात से ज्ड़े एक हजार तेईस प्ष्ट मामले सामने आए हैं इनमें तमिलनाड् राजस्थान दिल्ली तेलंगाना जम्मू कश्मीर असम झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से तीस प्रतिशत तब्लीगी जमात से ज्डे हैं उन्होंने कहा कि राज्यों को मास्क और पीपीई समेत सभी आवश्यक साजो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि महामारी का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि लॉकडाउन परस्पर दूरी तथा विभिन्न दिशा निर्देशों का सभी स्तरों पर पालन किया जाए

उन्होंने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतने को कहा श्री सोकी ने लोगों से कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद कर दीप मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल फ्लैश लाइट के जरिए कोरोना वायरस को पराजित करने की देश की सामूहिक शक्ति का परिचय देने का आहवान किया उन्होंने लोगों से लॉकडाउन पीरियड के दौरान गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करने की अपील की इस अवसर पर बाजार कल्याण समिति सहित स्थानीय संगठनों की तरफ से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य आवश्यक ऐहतियात बरतने के संदेशों का प्रचार किया

इससे एक तरफ जहाँ उचित मूल्य पर ग्णवत्ता पूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहा है वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों दवारा सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोग कोविड से स्रक्षित रहें

पड़ोसी राज्य असम में कोरोना के बढ़ते मामलों और इस सब डिविजन में लॉकडाउन के उलंघन की रिपोर्ट के मद्देनजर सख्ती से इसका पालन स्निश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है कर्फ्यू के दौरान राशन मेडिसीन जैसे आवश्यक वस्तुओं और डीजल पेट्रोल से भरे ट्रक को रुकसिन से पासीघाट जाने दिया गया

जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जन जागरुकता के अलावा आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति स्निश्चित करने में लगा हुआ है लोहित जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोग बास की सहायता से बेरिकेटिंग कर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हैं कोरोना को लेकर रामीणों में जागरुकता देखी जा रही है और वे स्वत लॉकडाउन के पालन में सहयोग कर रहे हैं इधर राजधानी क्षेत्र जिला उपाय्क्त कोमकर द्लोम ने नगरीय इलाके में बेरिकेटिंग को हटाने का आदेश जारी किया है उन्होंने ये आदेश दैनिक उपयोग की वस्त्ओं और स्वास्थ्य सेवाओं को स्चारु रुप से जारी रखने के लिए दिया है

फायर एण्ड इमरजेंसी विभाग ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्त कदम उठाए गए है अधिकारिक सूत्रों के अन्सार स्थानीय संगठनों और ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड से बचाव के अन्य महत्वपूर्ण उपायों के पालन में सहयोग मिल रहा है

उन्होंने कहा है कि आलो जनजाति का यह त्यौहार सदियों से चले आ रही उनकी समृद्ध कला संस्कृति और प्रकृति के प्रति लगाव को दर्शाता हैं